प्रदेश के लोगों ने प्रधानमंत्री की जनता कर्फ्यू अपील का किया समर्थन घरों में रहकर कोरोना बचाव में निभाएंगे सहभागिता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा राज्य में आवश्यक वस्तुओं व दवाई का पर्याप्त भंडार उपलब्ध और राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कोरोना वायरस के बारे विद्यार्थियों को जागरूक करने की बताई जरूरत

प्रधानमंत्री ने कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि इस दौरान केवल आवश्यक सेवा में लगे लोगों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए इस जनता कर्फ़यू के दर्मियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर ना निकले ना सड़क पे जायेए ना मोहल्ले में या सोसायटी में इकद्दे हों अपने घरों में ही रहें

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित रखने के लिए जरूरी उपाय कर रही है उन्होंने लोगों से घबराहट में जरूरत से अधिक खरीदारी नहीं करने की अपील की इधर प्रधानमंत्री के संबोधन को प्रदेश के लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना और कोरोना से लड़ने के बारे में उनके द्वारा बताए गए उपायों का स्वागत किया है

हिमाचल प्रदेश के लोगों ने इस अपील को गंभीरता से लेते हुए देशाहित में जनता कर्फयू का पूरा समर्थन करने की बात कही है कल्लू के भूपेंद्र शर्मा और विजय शर्मा ने कहा कि जनता कर्फयू में शामिल होकर स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना से बचाव में लगे लोगों की हौंसला अफजाई करेंगे

निश्चित तौर पर सांझा प्रयासों से हर मुश्किल आसान हो जाती है रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री के आहवान का समर्थन देने का लोगों से आग्रह किया है उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के संबोधन का उदेश्य देश में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाना है जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से भ्रामक सूचना फैलाने से परहेज का भी आग्रह किया है

उन्होंने कहा कि राज्य में आवश्यक वस्तुओं और दवाओं का पर्याप्त भंडार है और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने लोगों से कोरोना वायरस से निपटने के लिए लोगों से सावधानी और सयंम बरतने का आग्रह किया है

बिंदल ने बताया कि प्रदेश भाजपा ने सभी ज़िला व मंडल स्तर की बैठकें भी स्थगित कर दी है मुख्यमंत्री भेंट इस बीच मुख्यमंत्री ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट कर सरकार द्वारा प्रदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों और प्रबंधों के बारे जानकारी दी राज्यपाल ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर संतोष जताते हुए सुझाव दिया कि स्वयं सेवकों और कुशल पैरा मैडिकल स्टॉफ का डाटा तैयार किया जाना चाहिए राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कोरोना वायरस से संबंधित दिशा निर्देश दिए और विश्वविद्यालय स्तर पर किए जा रहे प्रबंधों की जानकारी दी उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और बागवानी विश्वविद्यालय नौणी के कुलपति को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री के जनता कर्फ्यू की अपील को विद्यार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं कोरोना संदिग्ध ऊना ज़िला में आज कोरोना के दो संदिग्ध मरीजों को क्षेत्रीय अस्पताल के आईसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमण कुमार शर्मा ने बताया कि दोनों मरीजों को चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है और इनके खून के नमूने टांडा मैडिकल कॉलेज भेजे गए हैं उन्होंने बताया कि एक महिला थाईलैंड से जबकि एक पुरूष फ्रांस से कुछ समय पहले लौटे हैं राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने देश में बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे के प्रति लोगों को सचेत रहने की सलाह दी है

शिमला से जारी एक प्रैस ब्यान में उन्होंने कहा है कि कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे सरकार के प्रयासों के साथ कांग्रेस पूरी तरह खड़ी है उन्होंने आज आईएसबीटी शिमला में बाहर से आने वाले यात्रियों व अन्य लोगों को मास्क और सैनिटाईजर वितरित किए और बसस्टैंड के आसपास सफाई व्यवस्था का जायजा लिया निगम राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा चालक के पदों के लिए मंडलीय कार्यशाला तारादेवी मंडी जसूर और बिलासपुर में लिए जा रहे प्रारम्भिक ड्राईविंग टैस्ट आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिए गए हैं शिमला स्थित निगम के मंडलीय प्रबंधक के अनुसार कोरोना वायरस को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है

पहली उड़ान भुंतर तिंदी भुंतर दुसरी भुंतर किलाड़ चंबा और तीसरी उड़ान चंबा किलाड़ चंबा के बीच भरी जाएंगी ये सभी उड़ाने मौसम पर निर्भर करेंगी जनजातीय विकास विभाग के प्रवक्ता के अनुसार यदि किन्हीं कारणों से निर्धारित उड़ाने नहीं होती है तो ये अगले दिन होंगी परिचर्चा आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना जागरूकता श्रृंखला पर परिचर्चा प्रसारित करेगा

यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है कोरोना प्रबंध प्रदेश में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं लाहौल घाटी में बाहरी राज्यों से आ रहे मजदूरों की सिस्सू दारचा कोकसर और तिंदी में चैकपोस्ट लगाकर स्क्रीनिंग की जा रही है उपायुक्त स्मृतिका नेगी ने लोगों से सहयोग का आहवान किया है उधर किन्नौर जिले के विभिन्न संघों और पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधिमंडल ने आज रिकांगपिओ में उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें चौरा नामक स्थान पर स्थापित चैकपोस्ट में पूरी जांच के बाद ही लोगों को प्रवेश का आग्रह किया गया है

इस बीच शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने कहा है कि जिले में आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार है और इस संबंध में फैलाई जा रही अफवाहों पर लोग ध्यान न दें इस बीच राज्य बिजली बोर्ड ने कोरोना वायरस को देखते हुए अपने उपभोक्ताओं से बिलों का भुगतान ऑनलाईन करने का अनुरोध किया है रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने आज लोकसभा में शून्यकाल के दौरान देश में बिक रहे नकली शहद का मुद्दा उठाया उन्होंने कहा कि भारत में चीन का नकली शहद बेचा जा रहा है जिससे यहां के उत्पादकों को सीधे तौर पर नुकसान हो रहा है रामस्वरूप शर्मा ने इस स्थिति पर अंकुश लगाने के लिए सरकार से तुरंत जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया है द्रध हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि कोरोना वायरस के मध्येनजर प्रसंघ के दूध व दूध उत्पादो की आपूर्ति बाधित नहीं होगी प्रसंघ के अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा ने कहा है कि बाहरी राज्यों से दूध की आपूर्ति न होने की स्थिति से निपटने के लिए प्रसंघ पूरी तरह तैयार है